न्यायमूर्ति अशोक भूषण न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम आर शाह की खंडपीठ ने केंद्र सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों तथा क्छ हस्तक्षेप याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों की दलीलें स्नने के बाद महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किये न्यायालय ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहंचाने के लिए उनसे न तो रेल का किराया लिया जाएगा न ही बस भाड़ा न्यायालय ने कहा कि इन मजदूरों के किराये पर आने वाला खर्च संबंधित राज्यों द्वारा साझा किया जायेगा शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रस्थान बिंद् पर इन प्रवासी मजदूरों को खाने पीने की सुविधा संबंधित राज्य उपलब्ध करायेंगे जबकि यात्रा के दौरान यह स्विधा रेलवे देगी

बैठक में इन शहरों के निगमायुक्तों जिला मजिस्ट्रेटों और संबंधित राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के म्ख्य सचिवों ने भी हिस्सा लिया इन शहरों में इंदौर के साथ म्ंबई चेन्नई दिल्ली अहमदाबाद ठाणे प्णेहैदराबाद कोलकाता हावड़ा जयप्र जोधप्र चेंगलपट्ट और तिरूवल्ल्र शामिल हैं इस दौरान आगे की रणनीति में संक्रमण की दर मौत की दर दोगुना होने की दर और प्रति दस लाख में परीक्षण की दर आदि जैसे मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा की गयी टिड्डी हमला तैयारी देश में टिड्डियों पर नियंत्रण के लिए ड्रोन से कीटनाशकों का छिड़काव किया जाएगा नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने टिड्डियों पर नियंत्रण संबंधी कार्रवाई के लिए ड्रोन से कीटनाशकों के छिड़काव को सशर्त मंजूरी प्रदान की है कीटनाशकों के छिड़काव के लिए दो कम्पनियां तय की गई हैं

वहींटिड्डी दल पड़ोसी महाराष्ट्र राज्य के भंडारा जिले की त्मसर तहसील से बालाघाट जिले में प्रवेश कर गया है टिड्डी को भगाने एवं उसके खात्में के लिए कृषि विभाग का अमला जूट गया है

नीमच म्हिम नीमच जिले में य्वाओं ने जरुरतमंदों की मदद के लिए एक म्हिम अन्नदाताओं की देश के नाम से फेसब्क पेज बनाया है शहनातलाई ग्राम पंचायत सचिव पूरणमल धाकड ने पंचायत के सभी गांवों में छोटे माईक से घोषणा करा दी

राज्यपाल के निवास क्षेत्र में ठहरने वाले कर्मचारियों द्वारा मास्क ग्लब्स एवं सेनेटाइजेशन जैसे स्रक्षा मानकों का पूर्णतः प्रयोग स्निश्चत किया जा रहा है राज्यपाल से म्लाकात से पूर्व सभी प्रकार की सावधानियां और प्रोटोकाल जैसे दो गज दूरी रखने मास्क एवं शू कव्हर पहनने सेनेटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग आदि स्निश्चित करने के बाद ही मुलाकात की अन्मति की व्यवस्था है

वहीं भोपाल के चिराय् अस्पताल से आज नौ व्यक्ति कोरोना संक्रमण से म्क्त होकर अपने घर रवाना हो गए

कटनी जिले में नौ वर्ष की एक बच्ची कोरोना पॉजिटिव पायी गयी है वह हाल ही में अपने परिवार के साथ म्ंबई से कटनी लौटी है सिवनी जिले के बंडोल थाना क्षेत्र में होम क्वारेंटाइन का उल्लंघन करने के सिलसिले में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है

मुरैना जिले में एक कोरोना पॉजिटिव वृद्ध महिला मरीज की जिला अस्पताल में आज मौत हो गई

वहींजिले में तीन कोरोना पॉजिटिव मरीज आज स्वस्थ होकर अपने अपने घरों को रवाना हो गए बैतूल जिले में अब कंटेनमेंट क्षेत्रों वाले गांवों में कोरोना वायरस निगरानी समिति निरंतर गश्त कर लोगों का आवागमन रोकेगी एवं सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य स्रक्षात्मक उपाय स्निश्चित करेगी

ग्ना में विधायक गोपीलाल जाटव द्वारा जिले में कोरोना सेंपल कलेक्शन मोबाइल यूनिट को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया

वहींजिला मुख्यालय मे भीषण गर्मी का दौर जारी है छतरप्र जिले में मौसम का मिजाज बदला आंधी तूफान के साथ कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी पर्यटन नगरी खज्राहो में भी आज हल्की बारिश हई इससे तापमान में गिरावट दर्ज ह्ई अनेक जगह पेड़ और बिजली के खंभे गिरे